योग दिवस के आयोजन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हई अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाइचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उमरा है यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग स्त्री पुरुष धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है श्री मोदी ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित स्थल बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है यह हमारी श्वास प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहत मदद मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारी श्वास प्रणाली को संक्रमित करता है वहीं प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसे योगाम्यासों से श्वास प्रणाली मजबूत होती है

हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम को स्ट्रॉग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पापुलर भी है ये प्रभावी भी हैं योग की ये सभी विधाए हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम और इम्युनिटी सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता में लोगों की भागीदारी योग के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाती है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम है घर पर योग परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाम्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की इससे पहले योग दिवस पर सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण लोगों को घर पर ही रहकर परिवार के साथ योग दिवस में भाग लेने को कहा गया था इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायपुर स्थित अपने निवास में योग की विभिन्न मुद्राओं का अम्यास किया इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई और श्रभकामनाएं देते हुए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की उन्होंने कहा कि सभी लोग योग के लिए कुछ समय निकालें और यम नियम आसन तथा प्राणायाम का पालन करें योग दिवस छत्तीसगढ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में विविध आयोजन किए गए इस दौरान लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइड का भी पालन किया रायपुर स्थित एकात्म परिसर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी आज योग शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने योग अभ्यास किया इस मौके पर विष्णदेव साय ने कहा कि भारत ने विश्व को योग के रूप में एक ऐसा मार्ग दिया है जिसके निरंतर प्रयोग से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ तथा रोगमुक्त रहकर जीवन का निर्वाह कर सकते हैं बस्तर जिले में योग दिवस के अवसर पर बोधघाट स्थित पूलिस प्रशिक्षण कोन्द्र में पूलिस अधिकारी और जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास किया े इस मौके पर योग प्रशिक्षक द्वारा योग के महत्व के बारे में जानकारी दी गई वहीं पुलिस महानिरीक्षक संदरराज पी ने सभी पुलिसकर्भियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग खेलकृद व्यायाम और सकारात्मक गंतिविधियों को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की इधर नारायणपुर जिले के ओरछा थाना अंतर्गत जिला पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों ने खूले आसमान के नीचे सामूहिक रूप से योग किया वहीं दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में भी खिलाड़ियों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए योगाभ्यास किया उधर राजनादगांव जिले के इंदामरा गांव में बच्चों को योग के लाम से अवगत कराया गया प्रशिक्षक ने बताया कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग सशक्त माध्यम है उन्होंने कहा कि छात्रों को अपनी दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए इसी जिले के बसंतपुर में युवाओं ने मास्क पहनकर योग का प्रदर्शन किया साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कर कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश भी दिया वहीं दूर्ग जिले में सैंतीसवीं बटालियन के एनसीसी कैडेटों ने घर पर परिजनों के साथ योगाम्यास किया बाद में समी कैडेटों ने केंद्रीय आयष मंत्रालय के लिंक पर योग मुद्राओं की तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए इधर अंबिकापुर जिले के क्वारेंटाइन सेंटरों में भी आज प्रवासी मजदरों को योगाम्यास कराया गया इस मौके पर योग प्रशिक्षक कमलेश ने मजदूरों को योग से होने वाले विमिन्न फायदे बताए उधर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत कमरीद में सरपंच और पंचों की उपस्थिति में सोशल डिस्टिंसिंग का पालन करते हुए प्रवासी मजदूरों को योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास कराया गया वहीं रायगढ़ जिले में योग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया लोगों ने अपने घरों पर परिवार के साथ योग किया और उसकी फोटो तथा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए इधर कोंडागांव जिले में भी विश्व योग दिवस मनाया गया इस मौके पर कोंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए योगाभ्यास किया वहीं शहर के लोगों ने भी अपने घर पर योग की विभिन्न मुद्राओं का अम्यास किया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ राज्य को भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल करने का अनुरोध किया है उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान करीब पांच लाख प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं ऐसी स्थिति में इनकी रूचि और कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल किया जाना उचित होगा श्री बघेल ने पत्र में कहा कि राज्य के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित अन्य संभागों में आदिवासी वर्ग की बहलता है साथ ही छत्तीसगढ़ में दस आकांक्षी जिले भी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों को इस अभियान में शामिल किया गया है उन राज्यों की भौगोलिक आर्थिक और सामाजिक स्थितियां छत्तीसगढ़ के समान ही हैं उन्होंने कहा कि राज्य की लगभग नब्बे प्रतिशत आबादी कृषि और सामान्य मजदूरी पर निर्भर है इनमें से भी अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में मजदूर हैं या सीमांत किसान हैं इसलिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन सभी के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है

इस योजना के तहत निकाय क्षेत्रों में लोहारी कम्हारी मनिहारी और कोष्टा कपड़े जैसे परंपरागत् व्यवसाय के लिए चबूतरा और शेड निर्माण कराया जाएगा और ये शेड दस रूपये प्रतिदिन के किराये पर बेरोजगारों को उपलब्ध कराए जाएंगे योजना के तहत महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत शेड सुरक्षित रखने का भी प्रावधान किया गया है इसके लिए तिहत्तर करोड़ रूपये की राशि खर्च कर बारह हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है वहीं राज्य के उनयासी नगरीय निकायों में एक सौ बाईस पौनी पसारी बाजार शेड का निर्माण करने के लिए इकतीस करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है बोधघाट परियोजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बोधघाट परियोजना के प्रभावितों के लिए पृनर्वास और व्यवस्थापन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी कल रायपुर में अपने निवास कार्यालय में बोधघाट परियोजना को शुरू किए जाने के संबंध में बस्तर के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावितों का किसी भी तरह का नुकसान न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा श्री बघेल ने कहा कि विस्थापितों को उनकी जमीन के बदले जमीन मकान के बदले मकान दिए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि इस परियोजना के तहत निर्मित नहरों के किनारे की सरकारी जमीन प्रभावित को मिले ताकि वह खेती किसानी बेहतर तरीके से कर सके श्री बघेल ने कहा कि चालीस वर्षो से लंबित इस परियोजना को परिवर्तन कर सिंचाई परियोजना के रूप में तैयार किया गया है उन्होंने कहा कि इस सिंचाई परियोजना से दंतेवाड़ा बीजापुर और सुकमा जिले में नहरों के माध्यम से तीन लाख छियासठ हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी रोका छेका अभियान छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में प्रचलित रोका छेका की परंपरा को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही गौठानों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत योजना तैयार की गई है इस योजना के अनुसार गौठानों में चरणबद्ध रूप से समी जरूरी सुविधाए विकसित की जाएगी गौठानों में जरूरी उपकरण और मंशीनरी उपलब्ध कराने के साथ पशुओं और स्व सहायता समूहों के लिए शेड निर्माण तथा चारागाह के साथ बाड़ियों की घेराबंदी की जाएगी इसके अलावा भंडारण कक्ष पश् चिकित्सा कक्ष और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के साथ ही पानी की व्यवस्था भी की जाएगी इसके लिए गौठान प्रबंधन समितियों को अनुदान राशि की पहली किश्त जारी कर दी गई है साथ ही गौठानों के रखरखाव के विभिन्न कार्यों के लिए भी अधिकतम व्यय की सीमा तय कर दी गई है इधर नरवा गरूवा घरूवा और बाडी योजना के तहत नगरीय निकायों में बयालीस गौठानों की स्वीकृति प्रदान की गई है इनमें से सांत गौठानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है वहीं शेष गौठानों का निर्मोण किया जा रहा है गौरतलब है कि राज्य सरकार गौठान के संचालन के लिए गौठान समिति को दस हजार रूपये अनुदान भी दे रही है गौठान निर्माण के लिए कम से कम तीन एकड़ भूमि की अनिवार्यता रखी गई है रेत माफिया कार्रवाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश के कई जिलों में अवैध रेत खनन के मामले में कार्रवाई की गई है धमतरी में बीस से ज्यादा ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है वहीं बिलासपुर में बारह से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन करने वाले बाईस वाहनों को भी जब्त किया है इधर कांकेर और रायगढ जिले में भी कार्रवाई किए जाने के समाचार मिले हैं गौरतलब है कि धमतरी जिले में अवैध रेत खनन के आरोपियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लेते धमतरी पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए थे कोरोना मरीज प्रदेश में बीती रात तक कोरोना के एक सौ सात नये मरीज मिले हैं सबसे अधिक तिरपन मरीज राजनांदगांव जिले से हैं वहीं जांजगीर चांपा में पच्चीस रायगढ़ में सात बलरामपुर में छह दूर्ग में पांच मरीज मिले हैं जबकि नारायणपुर में चार सुकमा में तीन कोरबा में दो और बिलासपुर तथा रायपुर में एक एक मरीजों की पहचान की गई है प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर सात सौ पचपन हो गई है वहीं कूल मरीजों की संख्या इक्कीस सौ को पार कर गई है इनमें से तेरह सौ अडसठ मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छटटी दे दी गई है जबकि एक मरीज की कल उपचार के दौरान मौत हो गई इसे मिलाकर मृतकों की संख्या भी ग्यारह हो गई है ग्रामोद्योग प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने के साथ उन्हें आत्मनिर्मर बनाने के लिए ग्रामोद्योग वरदान साबित हो रहा है इसके तहत महिला स्व सहायता समूह से जूड़ी सात हजार महिलाओं को गणवेश सिलाई के माध्यम से नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही लॉकडाउन के दौरान इन महिलाओं ने करीब चार लाख मास्क भी तैयार किए जानकारी के अनुसार राज्य में हथकरघा के माध्यम से वस्त्रों की ब्नाई में जूटी महिला स्व सहायता समितियों और बनुकर समितियों ने लॉकडाउन की अवधि में सात करोड़ पैंसठ लाख रूपये से अधिक का कारोबार किया है मानव संसाधन हिन्दी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने हिन्दी में राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जारी किया है उन्होंने कहा कि हिन्दी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छक छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिये अम्यास कर सकते हैं केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले महीने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह ऐप जारी किया था इसके जरिये छात्र अपने घरों में सुरक्षित रह कर जेईई भेन्स और एनईईटी सहित प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं गुरू तुझे सलाम गुरू तुझे सलाम अभियान के तहत कल रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अट्ठाईस जिलों के चयनित विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया इस ऑनलाइन आयोजन में प्रदेश के माओवाद प्रभावित जिलों के छात्रों ने भी अपने अनुभवों और विचारों को साझा किया इस मौके पर सभी प्रतिभागियों ने कहा कि गुरूजनों के मार्गदर्शन से ही जीवन संवरता है गौरतलब है कि पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के तहत बालक पालक और शिक्षकों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत संकल विकासखंड जिला और राज्य स्तर पर विविध कार्यक्रमों का ऑनलाइन आयोजन किया गया विश्व संगीत दिवस आज विश्व संगीत दिवस है केंद्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर लोगों को श्रभकामनाए दी हैं श्री जावड़ेकर ने एक टवीट में कहा है कि जीवन में संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निमाता है उन्होंने कहा कि लोग अपने जीवन में संगीत के कारण ही सबसे अच्छा समय बिताते हैं और यह मन को प्रसन्न करता है मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है उत्तर भारत और प्रदेश के कुछ पड़ोसी राज्यों के ऊपर बनी द्रोणिका और चक्रवाती दबाव के कारण मौसम विमाग ने प्रदेश के रायपुर और दर्ग संभाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी है इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कमी आने के आसार हैं संक्षिप्त समाचार गृह मंत्री ताप्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले में कैदी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में जांच के

प्रदेश में आज विभिन्न जिलों में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर अपने घरों से ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन किया बेमेतरा पुलिस ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है